ऊना मामले पर सीआईडी जांच के आदेश के बाद विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा अगले साल से प्रदेश में केवल यूनिवर्सल कार्टन ही होंगे मान्य पिछले दिनों हुई भारी वर्षा व बर्फबारी से छतड़ू में फंसे सभी पर्यटक मनाली पहुंचाए गए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी

ये हैलीपोर्ट शिमला के संजौली रामपुर झाकड़ी कांगनीधार बद्दी और मनाली में बनाए जा रहे हैं

एक प्रतिपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निर्माणाधीन हैलीपोर्ट पर एक से ज्यादा हैलीकॉप्टर उतारने की संभावनाओं का भी सरकार पता लगाएगी जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास राजधानी शिमला में अभी तक अपना कोई हैलीपैड नहीं है

उन्होंने कहा कि अभी ये मामला मंडलीय आयुक्त की अदालत में लम्बित है चंबा में सीमेंट प्लांट को लेकर विधायक आशा कुमारी के एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर ने बताया कि इस प्लांट की संभावनाएं तलाशने के लिए सरकार उच्च स्तरीय कमेटी बनाएगी बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रस्तावित सीमेंट प्लांट क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रही है ताकि प्लांट स्थापित करने में मदद मिल सके उन्होंने कहा कि इस प्लांट के लिए काफी समय से प्रयास होते रहे हैं लेकिन अभी तक इनमें सफलता नहीं मिली है उद्योग मंत्री ने कहा कि डालमिया कम्पनी द्वारा शर्ते पूरी करने के बाद ही राज्य सरकार ने सीमेंट प्लांट को लेकर एमओयू हस्ताक्षरित किया है

इस संबंध में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी प्रतिप्रक सवाल पूछे विधायक सुरेद्र शौरी और राकेश पठानिया ने भी अपने अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछे विधानसभा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने ऊना मामले की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं जिसके बाद प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच दो दिनों जारी गतिरोध समाप्त हो गया है आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर ये मामला उठाते हुए ऊना के पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग की उनका कहना था कि जब तक पुलिस अधीक्षक वहां रहेंगे जांच नहीं हो सकती

मुख्यमंत्री का कहना था कि विपक्ष ने उनकी बातों को गलत समझा है और हर प्रकार के माफिया के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए इस बीच विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस किसी भी माफिया को संरक्षण नहीं दे रही है लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए ऊना के पुलिस अधीक्षक का न होना आवश्यक था जिसे मान लिया गया

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि बागवानों को बिचौलियों और सरकार को वित्तीय घाटे से बचाना है तो टैलीस्कोपिक कार्टन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा बागवानी मंत्री ने कहा कि टैलीस्कोपिक कार्टन के उपयोग से बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पर रहा है और प्रदेश सरकार को भी राजस्व हानि हो रही है

इससे पूर्व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए विधायक नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि टैलीस्कोपिक कार्टन के कारण बागवानों को हर साल एक हजार करोड़ रूपये की चपत लग रही है उन्होंने सरकार से सेब उत्पादक क्षेत्रों में फल विधायन संयंत्र तुरंत स्थापित करने की मांग की

उन्होंने कहा कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रही है

मारकंडा पिछले दिनों हई भारी बारिश व बर्फबारी से अवरूद्ध काज़ा मनाली और काज़ा रिकांगपिओ मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने बताया कि छतडू में फंसे पर्यटक मनाली पहुंचा दिए गए हैं उन्होंने कहा कि वर्षा व बर्फबारी से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए एडीएम की अध्यक्षता में निगरानी कमेटी गठित की गई है ये कमेटी नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति आने वाले पर्यटकों से छोटे वाहनों में न आने की अपील भी की है